दस हजार सरकारी अस्पतालों में यह वैक्सीन मुफ्त लगायी जायेगी जबकि करीब बीस हजार निजी टीकाकरण केन्द्रों पर वैक्सीन का खर्च लोगों को वहन करना होगा

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों को स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सूचीबद्द सभी निजी अस्पतालों को कोविड टीकाकरण केन्द्र बनाने की छूट होगी राज्य सरकारें सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वास्थ्य केन्द्रों और समी सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों का इस्तेमाल कोविड टीकाकरण केन्द्र के रूप में कर सकती हैं सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को पंजीकरण की प्रक्रिया के तीनों तरीकों के बारे में बताया जा चुका है

इसके कोविड टीकाकरण केन्द्र के रूप में दर्ज सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में उपलब्ध तारीख और समय का पता चल जाएगा समी लाभार्थी अपनी सुविधा अनुसार कोविड टीकाकरण केन्द्र चुन सकते हैं और टीका लगवाने का समय प्राप्त कर सकते हैं प्रत्येक डोज के लिए एक व्यक्ति एक बार समय ले सकता है किसी भी तारीख में समय लेने की प्रक्रिया तीन बजे बंद हो जायेगी दूसरा तरीके में जो लोग स्वयं को पंजीकृत नहीं कर सकते उन्हें पंजीकरण के लिए कोविड टीकाकरण केंद्र जाना होगा और उसके बाद वे पंजीकरण कराकर टीका लगवा सकते हैं तीसरी प्रक्रिया के तहत राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारें टीकाकरण के लिए मानदंड तय करेगी

ये प्रशिक्षण केन्द्र पंचायत एवं ग्राम विकास के पंचायतराज पदाधिकारियों त्रिस्तरीय पंचायतों से संबंद्व अधिकारियों स्व सहायता समूहों के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के प्रशिक्षण और उनके कौशल में बढ़ोतरी तथा प्रमाणन के लिए एक केन्द्र के रूप में कार्य करेगा

गुना शहर में विभिन्न कार्यो के भूमिपूजन एवं लोकार्पण अवसर पर उन्होंने कहा कि ग्राम के विकास से देश एवं प्रदेश का विकास होगा तथा आत्मनिर्भर बनेगा इस अवसर पर कार्यक्रम को पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया एवं गुना विधायक गोपीलाल जाटव सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी संबोधित किया

इस बार यह कार्यक्रम वर्चुअल तरीके से होगा

उन्होंने फाइनल में विश्व के सातवें नम्बर की पहलवान बेलारूस की वैनेसा कलादजिंस्काया को हराया एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता विनेश कल सेमीफाइनल में रोमानिया की एना ए को हराकर फाइनल में पहुंची थीं वह टोक्यो खेलों के लिए क्वालीफाई करने वाली एकमात्र भारतीय महिला पहलवान हैं